बैटरी सोलर ऊर्जा और सीएनजी चलित वाहनों के लिए कर में छूटप्रदेश में मोटर वाहन कर की दरों में कई संशोधन किये गए

प्रदेश में ठंड में बढ़ने पर आम लोगों के लिए जारी की गई एडवाइजरीहिमस्खलन वाले क्षेत्रों में न जाने की दी गई सलाह स्लग सरोज पांडे बैठक भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे ने राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर झूठ बोलकर जनता को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाया है सुश्री पांडे ने कहा कि कांग्रेस का काम केवल झूठ फैलाना है राफेल पर भी कांग्रेस का झूठ अब जनता के सामने आ चुका है देहरादून में गढ़वाल मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये बात कही लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर सुश्री सरोज पांडे ने कई बिन्दुओं पर चर्चा की और प्रदेश संगठन के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्य की पांचों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने की बात कही

स्लग सीएम राफेल मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राफेल मामले पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सारी सच्चाई सामने आ गयी है उन्होंने आरोप लगाया कि राफेल को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने देश के समक्ष झूठ फैलाने का कार्य किया है उन्होंने कहा कि पहली बार केन्द्र सरकार द्वारा रक्षा सौदे पूरी पारदर्शिता के साथ दो सरकारों के मध्य किए गए हैं

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री रेन्द्र मोदी जन जन के प्रिय है और उनकी ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा पर पूरे देश को भरोसा है स्लग मोटर वाहन प्रदेश में मोटर वाहन कर की दरों में संशोधन किया गया है मोटर वाहन कर को अधिक तर्कसंगत बनाने कर प्रणाली को ज्यादा सरल करने राज्य के राजस्व में वृद्धि करने और परिवहन व्यवसायियों के हितों के मद्देनजर ये संशोधन किये गये हैं इसके तहत वायु प्रद्रषण नियंत्रण को कम करने के लिए बैटरी सोलर ऊर्जा या सीएनजी से चालित यानों के लिए एक बार देय कर से छूट प्रदान की गई है द्रस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में आम जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पर्वतीय मार्गों पर संचालित गाड़ियों की कर की दरें मैदानी मार्गों की तुलना में आधी रखी गई है पर्वतीय मार्गों के लिए प्रति सीट प्रति माह कर की दर पचास रुपये निर्धारित की गई है

राजस्व वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अस्थाई रूप से पंजीकृत मोटर यानों और डीलर के कब्जे में रखी गई वाहनों की दरों में मामूली वृद्धि की गई है पेट्रोल चलित यानों की तुलना में डीजल चालित यानों पर ग्रीन उपकर की दरें अधिक रेखी गई है इसके अलावा भी कई और भी अहम संशोधन किये गए हैं स्लग ईको हटस टिहरी बांध की झील के किनारे बने ईको हट्स से गढ़वाल मंडल विकास निगम को फायदा हुआ है

इसकी जिम्मेदारी गढ़वाल मंडल विकास निगम को दी गई है ईको हट्स पूरी तरह से पोलैंड की लकड़ियों से बने हैं इन हट्स में कमरे और डायनिंग रूम की सुविधा भी उपलब्ध है साथ ही हट्स से टिहरी बांध की झील का विहंगम दृश्य भी नजर आता है इसके अलावा यहां पर वॉटर स्पोर्ट्स भी आकर्षण का केंद्र हैं पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने से स्थानीय लोग और व्यवसायी बेहद ख्श हैं

इसके साथ ही पूरे इलाके को हरा भरा करने के लिए पौधारोपण भी किया गया इस दौरान जवानों से लेकर अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री से प्रेरित इस अभियान को राष्ट्रीय पर्व से लेकर त्योहारों में भी चलाया जाएगा जिससे परिसर को हमेशा स्वच्छ और हरा भरा रखा जा सके इस अवसर पर जवानों ने संदेश देते हुए कहा कि अगर हम अपना घर और इलाका स्वच्छ रखेंगे तभी देश भी स्वच्छ बना रहेगा स्लग ठंड से बचाव उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हई बर्फबारी के बाद प्रदेश में तापमान काफी गिर गया है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है ठंड से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग ने एडवाइजरी जारी की है इसके मुताबिक जितना संभव हो सके घर के अंदर रहें और गरम कपड़े पहनें शरीर को गरम रखने के लिए पौष्टिक खाना और अल्कोहलरहित गरम पेय पदार्थो का उपयोग करें इसके अलावा मिट्टी के तेल के चूल्हे हीटर और कोयले की अंगीठी का इस्तेमाल करते समय घर में खिड़की और रोशनदान खुले रखने की भी सलाह दी गई है साथ ही ज्यादा बर्फ और हिमस्खलन वाले क्षेत्रों में न जाने की भी हिदायत दी गई है हाइपोथर्मियां यानि शरीर का तापमान सामान्य से कम होने पर अनियंत्रित कंपकंपी होने शरीर शिथिल होने के संकेत मिलने पर तत्काल डॉक्टर से चेकअप कराएं

सेना के बैंड की कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा की धुन पर जवानों ने उनको सलामी दी

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय सेना का अंग बनकर देश की सेवा करना गौरव का विषय है और पूरे देश को इन जांबाजों पर नाज है उन्होंने कहा कि कुमाऊं रेजीमेंट का गौरवशाली इतिहास रहा है इस रेजीमेंट ने कई वीर चक्र प्राप्त कर देश का नाम रोशन किया सेना के धर्मगुरु ने देश की आन बान और शान के साथ मातुभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहने की कसम दिलाई परंपरा और सैन्य इतिहास संजोए कुमाऊं रेजीमेंट की तरफ से भारतीय सेना में शामिल जांबाजों के माता पिता को गौरव पदक से सम्मानित किया गया इस अवसर पर कुमाऊं रेजीमेंट के ब्रिगेडियर जीएस राठौर सहित कई सैन्य अधिकारी मौजूद थे

इस मौके पर कुमाऊं आईजी पूरन सिंह रावत ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी पहला मैच गुजरात और मध्यप्रदेश के बीच खेला गया

भारतीय खो खो संघ के महासचिव एमएस त्यागी ने बताया कि संघ ने एक एकेडमी तैयार की है जो खिलाड़ी यहां पर बेहतर प्रदर्शन करेगा उसका चयन उस एकेडमी में होगा

साथ ही रहने खाने और पढ़ाई की जिमेदारी भी एकेडमी की होगी